आज मंडी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान दे रही है और हाऊसिंग सेक्टर में भी योजनाबद्व तरीके से काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर विकास के कार्य करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए उपचुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा फोरलेन निर्माण के कारण चण्डीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं उन्होंने फोनलेन निर्माण में सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखने को कहा है

उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जयराम ठाक्र ने बताया कि धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे

गोविंद ठाकुर ने कहा कि आगामी दिनों में यहां विभिन्न सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं की सफलता के लिए लोगों के सहयोग को जरूरी बताया

आज शिमला के राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा और अन्य सभी विभागों के सचिवों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि दृष्टिहीनों का बैकलॉग भरने के लिए पहले की तरह चयन समिति गठित की जाए संघ की हिमाचल शाखा के प्रदेश संयोजक कलदीप ठाकर ने बताया कि मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में कार्यरत दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और टॉकिंग सोफ्टवेयर युक्त कम्प्यूटर लगाने के भी निर्देश दिए इस दौरान संघ की सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई मेंट राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की हिमाचल के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद उनकी राष्ट्रपति से ये शिष्टाचार भेंट थी इस बीच राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और वरिष्ठ भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी के साथ भी मुलाकात की

दयाल प्यारी पच्छाद से जबकि राकेश चौधरी धर्मशाला से पार्टी से बागी होकर आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश गज्जू ने बताया कि निर्वाचन संबंधी समस्या या शिकायत के लिए लोग गुलजार बेगम से सम्पर्क कर सकते हैं उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं और चुनाव खर्च की निगरानी भी की जा रही है सत्ती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ऊना जिला के बहडाला में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हिस्सा लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में कन्या भ्रण हत्या जैसे जघन्य अपराध पर अंकुश लगना चाहिए और इसे खत्म करने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत है उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों को बेटों के बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए

उत्सव मंडी में चल रहे छोटी काशी महोत्सव में प्रदेश के कला व संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए विभिन्न हस्तशिल्प व दस्तकारी से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं इस दौरान चंबा के थाल रूमाल और चप्पल के साथ साथ पहाड़ी चित्रकला भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं महोत्सव में भाषा व संस्कृति विभाग ने इतिहास व संस्कृति से जुड़ी जानकारी को विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है